एक विशाल फ्टबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पचास हजार से ज्यादा भारतीय मूल क लोगों के भाग लेने की उम्मीद है कार्यक्रम के आयोजक जुगल मलानी ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि इस बड़े आयोजन र्क बाद भारत और अमरीका के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हाउडी मोदी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा इसे एफएम गोल्ड और राजधानी चैनल पर आज रात सवा नौ बजे से सुना जा सकेगा

ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सिख समुदाय के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और भारत के विकास के प्रति उनका जोश देखकर वे बहुत प्रसन्न है इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के लिए श्री मोदी को बधाई दी प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमण्डल से भी विशेष बातचीत की कश्मीरी पंडितों ने भारत की प्रगति और प्रत्येक भारतीय के सशक्तिकरण के लिए उठाये जा रहे कदमों के लिए सरकार का पूरा समर्थन किया प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें दाउदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत का अवसर मिला और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा को श्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में दाउदी बोहरा समुदाय की एक अलग पहचान है

ये कम्पनियां भारत से पहले ही किर्सी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं इस दौरान हयूस्टन की एक प्रमुख ऊर्जा कम्पनी टेलुरियन और भारत की पेट्रोनेट एलएनजी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

ये कम्पनी अमरीका में टेलुरियन के प्रस्तावित ड्रिफ्टवुड एलएनजी निर्यात टर्भिनल में ढाई अरब डॉलर का निर्वेश करेगी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने इस क्षेत्र में विनियमन और सुगम व्यापार की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की मुख्य कार्यकारी अधिकारिया ने भारत में आर्थिक सुधारों और नीतियों का भी समर्थन किया अमरीका भारत व्यापार परिषद की अध्यक्ष निशा बिस्वाल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भागदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ह्यूस्टन से प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे वे कल संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायू शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे शुक्रवार को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे

उन्होंने कहा कि टैक्स दरों में कटौती से देश की पाँच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे औद्योगिक निवेश में मदद मिलेगी और देश में रोजगार की सम्भावनायें भी बढ़ेंगी श्री योगी आज लखनऊ के आईआईएम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कर की दरों में कटौती से उत्तर प्रदेश को भी एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है और ऐसे में टैक्स रेट कम होने से उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी और देश में अधिक से अधिक निवेश की सम्भावनायें बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा श्री योगी ने कहा कि इस समय चल रहे अमरीका चीन ट्रेड वार का लाभ भारत को मिलेगा अभी तक जो निवेश चीन जा रहा था वह अब भारत में आयेगा क्योंकि एशिया में टैक्स रेट भारत में सबसे कम है जो देश की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन बनाने की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा इससे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी काफी लाभ मिलेगा मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों तथा अधिकारियों के लिए आईआईएम लखनऊ में लीडरशिप डेवलपमेन्ट प्रोग्राम मन्थन का आयोजन किया गया था

इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं

हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के लिए चार सौ छियत्तर पोलिंग बूथ तथा दो सौ सत्तावन मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जहाँ चार लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे सभी मतदान केन्द्रों पर चुनाव सामग्रियों के साथ पोलिंग पार्टियां पहुंच गयी हैं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चनाव कराने के लिए सुरक्षा के कडे प्रबन्ध किये गये हैं प्रत्येक बूथ पर पैरा मिलेट्री फोर्स और पीएसी के साथ पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गयी है भाजपा विधायक अशोक सिंह चन्देल को अदालत द्वारा आयोग्य ठहराये जाने के बाद हमीरपुर विधान सभा की रिक्त हुई इस सीट पर यह उपचुनाव कराया जा रहा है भाजपा बसपा सपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नौ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं मतगणना सत्ताईस सितम्बर को होगी

उन्हें सत्ताइस सितम्बर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है इस अदालत में विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल पर ढांचा गिराये जाने की कथित साजिश के मामले में भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी उमा भारती और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें सम्मन जारी किया गया है इस मामले के सभी आरोपी जमानत पर हैं उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर चल रही है

उन्होंने कहा कि आधार को अनिवार्य कर दिए जाने से जालसाजी पर काबू पाया जा सकेगा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने में आधार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

पुलिस ने बताया कि कासगंज के कदरवाणी की निवासी चार लड़कियां गहरे पानो में ेचली गयी जबकि साथ ही स्नान कर रहा एक युवक उनको बचाने के लिए में डूब गया

इस हादसे में ग्यारह लोग घायल हुए हैं घायलों को पीजीआई सैफई में भर्ती कराया गया है जिसमें से छः लोगों की हालत गम्भीर है पटाखा फक्ट्री में विस्फोट से आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं पूलिस ने बताया कि जिस समय पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हआ उस समय वहाँ पटाखे बनाने का काम चल रहा था

योजना के तहत प्रत्येक केन्द्र में चार से छह खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इन केन्द्रों में उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी